किसानों असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और मध्यम वर्ग के लिये कई घोषणाएं

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनावी तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांतिकारी फैसले वाला बजट बताया प्रदेश में पड़ रही सर्दी में उतार चढ़ाव का दौर जारी प्रदेशवासियों को कड़ाके की ठंड से मिली राहत

वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जी डी पी का तीन दशमलव चार प्रतिशत रहेगा और मौजूदा खाता घाटा जी डी पी का दो दशमलव पांच प्रतिशत रहने की संभावना है वित्त मंत्री ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने दहाई के आंकड़े वाली मुद्रा स्फीति को नियंत्रित किया है और सरकार ने उच्च मुद्रा स्फीति की कमर तोड़ दी है

इस योजना से असंगठित क्षेत्र के दस करोड़ श्रमिकों को फायदा होगा बजट में व्यक्तिगत आय कर में छूट के लिए सीमा दोगुनी कर पांच लाख रूपये कर दी गयी है इस तरह डेढ लाख रूपये के निवेश को ध्यान में रखते हुए साढ़े छह लाख रूपये की कुल वार्षिक आय वाले व्यक्ति को कोई आय कर नहीं देना पड़ेगा साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन चालीस हजार रूपये से बढ़ाकर पचास हजार रूपये करने का प्रस्ताव है बजट को देश की विकास यात्रा का उत्सव बताते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन में अत्यधिक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है बैंक और पोस्ट आफिस डिपाजिट पर अब चालीस हजार रूपये तक का ब्याज कर मुक्त रहेगा पहले यह सीमा दस हजार की थी

श्री नाथ ने कहा कि केन्द्र सरकार को कार्यकाल के आखरी समय में किसान गरीब मजदूर और गौमाता की याद आई वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को कांतिकारी फैसले वाला बताया है

वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी बजट को गरीब किसान और मजदूरों का बजट बताया हमारे संवाददाताओं ने प्रदेशभर में आम लोगों से बजट को लेकर उनकी प्रतिकिया जानी

प्जारी मानदेय प्रदेश सरकार ने शासन द्वारा संधारित मंदिरों के पुजारियों के मानदेय में तीन गुना वृद्धि करने का निर्णय लिया है मध्यप्रदेश के जनसंपर्क एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के मंत्री पी सी शर्मा ने यहां पत्रकारों को बताया कि शासन से संबंधित मंदिरों और तत्कालीन ग्वालियर रियासत की ओर से संधारित मस्जिदों के धर्म गुरुओं को दिए जा रहे मानदेय में तीन गुना वृद्वि की गई है

पिछले दो दिनों से पड़ रही तेज सर्दी में कल से बदलाव महसूस किया गया दिन में तेज ध्रप खिलने और बादल छाये रहने से तापमान में मामूली बढ़ौतरी दर्ज की गई